वित्त मंत्री ने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत सात क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केन्द्रित किया जाएगा उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार सुजन के लिए अतिरिक्त चालीस हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे और सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढाकर पांच प्रतिशत कर दी है

कोरोना संक्रमण से अभी तक प्रदेश में तीन लोगों की मौत हो चुकी है

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के जो लोग वापिस अपने घर जाना चाहते हैं वे संबंधित उपायुक्त कार्यालयों में वापिसी के जल्द पंजीकरण करवा लें ऑनलाइन पोर्टल केन्द्र ने सभी राज्यों से प्रवासियों की वापसी की जानकारी और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिये ऑनलाइन पोर्टल राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली एनएमआईएस का उपयोग करने को कहा है राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रवासियों की वापसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और फंसे लोगों की सुचारू वापसी के लिये मौजूदा भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया है

गोविंद सिंह वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज मनाली शहर व इसके आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर पर्यटन नगरी के सौंदर्यकरण व अन्य विकास कार्यों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गोविंद ठाकुर ने कहा कि पर्यटक स्थलों में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत आध्निक ढांचे के विकास पर बल दिया जा रहा हैं

हैलीपैड निरीक्षण ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले हैलीपैड के लिए भूमि का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में उपयुक्त जगह मिलने पर हैलीपैड के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा इस मौके पर उन्होंने मौजूद सभी अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए दुर्घटना चंबा पनेला सड़क मार्ग पर निहान में आज सुबह एक निजी वाहन के गहरी खाई में गिरने से एक पांच वर्षीय बच्ची की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हुए है गंभीर रूप से घायल एक छोटे बच्चे को मैडिकल कॉलेज टांडा रैफर किया गया है जबकि दो अन्य घायलों का मैडिकल कॉलेज चंबा में उपचार चल रहा है प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया था रक्तदान स्वयं सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने शिमला जिले के गुम्मा में आज एक रक्तदान शिविर लगाया

शिविर के संयोजक व फाउंडेशन के ट्रस्टी विनोद योगाचार्य ने बताया कि प्रदेश में रक्त की कमी को दूर करने के लिए फाउंडेशन द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते है उन्होंने कहा कि इस रक्तदान शिविर में स्थानीय महिलाओं सहित युवाओं में विशेष उत्साह देखा गया